राजस्व वित्तीय सेवाए आर्थिक मामले कुँषि वाणिज्य और नागरिक उड्डयन विभागों में संयुक्त सचिव पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर तीन से पांच वर्ष के लिए की जाएगी

आयोग ने कहा है कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सको के नाम भी उजागर नहीं किये जा सकते सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने इस मामलें में दो अपीले खारिज करते हुए ये व्यवस्था दी उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस न्यायालय चिकित्सक और मृतक े के परिजनों से संबंधित व्यक्तिगत सूचना है व्यापक लोकहित दर्शाये बिना इसकी प्रति किसी अन्य व्यक्ति को सूचना के अधिकार के तहत नहीं दी जा सकती

श्री कमार हरियाणा केडर के भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी हैं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि यह अभियान एक से पन्द्रह जून तक चलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य में कहीं भी फर्जी मतदाता होने की कोई शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है

इसके बाद सबल अभियान चलाकर भी छूट गये मतदाताओं को नाम जोड़े गए और अब दूसरे पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे इसी क्रम में जून जुलाई के बीच मतदान केंद्रों का सत्यापन और पुनर्गठन का काम भी किया जाएगा

उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों के प्रति पूरी तत्परता दिखाएं और इसमें किसी तरह की ढिलाई न हों श्रीमती माहेश्वरी ने कल मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दूसरे चरण के तहत राजसमन्द शहर की प्राचीन जोधपुरी बावड़ी के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की बदौलत राजस्थान ऐतिहासिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर है और इस मामले में अव्वल है

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी बोर्ड कार्यालय में दोपहर बाद सवा तीन बजे नतीजे घोषित करेंगे

शिक्षा मंत्री इसके साथ ही बोर्ड प्रवेशिका और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित करेगें

अवैध खनन की सूचना मिलने पर कुशलगढ़ एसडीएम की ओर से ये कार्रवाई की गई

कल रात आयोजित कार्यक्रम में सेना की बैटल एक्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल ओ पी गुलिया ने म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो देश को समर्पित किया

पाली में सोजत रोड़ मारवाड रानी और खिंवाड़ा के आसपास हल्की बारिश हुई वहीं सिरोही में भी कई स्थानों पर बारिश के समाचार है दौसा में कल शाम लालसोट बांदीकुई और जिला मुख्यालय पर तेज बारिश हुई